भीषण गर्मी से आम जन जीवन अस्त व्यस्त

महालेखाकार राज्य में वृद्धा पेंशन का ऑडिट करेगा समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंकेक्षण के लिए चिन्हित पंचायतों में जांच की जायेगी विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऑडिट टीम को सभी आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध करा दे अधिकारी ने कहा कि मैनुअल पेंशन और रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस से किये गये भुगतान की अलग अलग जांच होगी पहले मैनुअल तरीके से भुगतान किया जाता था जबकि अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन की राशि भेजी जाती है पटना जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत साठ आशाकर्मियों को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि इन आशा कार्यकर्ताओं पर नवजात और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में लापरवाही तथा ड्यूटी से गायब रहने का आरोप है जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आशा कार्यकर्ता ड्यूटी नहीं कर रही थीं तो उन्होंने अपने स्तर से क्या कार्रवाई की राज्य में भीषण गर्मी से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है मॉनसून आने के पहले ही गर्मी काफी बढ़ गयी है कल राजधानी पटना का तापमान एक बार फिर तैंतालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जबकि गया सबसे ज्यादा गर्म रहा जहां का अधिकतम तापमान चौवालीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और मध्यप्रदेश की ओर से आने वाली गर्म पछुआ हवा के कारण सोलह जून तक प्रदेश में तापमान में कमी की संभावना नहीं है भीषण गर्मी को पटना के जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों को सोहल जून तक बंद करने का आदेश दिया है मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे पटना गया राजगीर नालंदा औरंगाबाद के आसपास के इलाके में गर्मी बढ़ेगी जबकि राजधानी पटना और दक्षिण बिहार के इलाके में तापमान के बयालीस डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है राज्य सरकार ने पेयजल के संकट को देखते हुये सत्रह जिलों में बाईस सौ नये हैंडपंपों लगाने की स्वीकृति दी है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने बताया कि सबसे अधिक गया जिले में दो सौ और सबसे कम भोजपुर जिले में पचास हैंडपंप लगाने की स्वीकृति दी गयी है विभाग के सचिव जितेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि स्वीकृत किये गये हैंडपंप एक सप्ताह के अन्दर लगा दिये जायेंगे वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कुओं की खोज कर उनकी साफ सफाई करायेगा राज्य सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी कार्य में दिये जाने वाले पारिश्रमिक में बढ़ोतरी कर दिया है जिसके अन्तर्गत अस्सी प्रतिशत से अधिक पौधों के जीवित रहने पर कामगारों को आठ मानव दिवस प्रतिमाह की मजदूरी दी जायेगी वहीं सत्तर प्रतिशत पौधों के जीवित रहने पर बारह सौ उनचालीस रूपये साठ प्रतिशत पर एक हजार बासठ रूपये और पचास प्रतिशत तक पौधों के बचने पर सात सौ आठ रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे नई दर इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी राज्य के कई हिस्सों में चमकी और जापानी ब्रखार की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से जरूरी कदम उठाने की अपील की है स्वास्थ्य विभाग ने इन बीमारियों की समीक्षा करने के बाद प्रदेश के सात स्वास्थ्य संस्थानों में बच्चों के लिए विशेष आइसीयू की शुरुआत की है विभाग ने बताया है कि राज्य में मस्तिष्क ज्वर एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम एईएस की बीमारी सबसे अधिक मुजफ्फरपुर और जापानी इंसेफ्लाइटिस की बीमारी गया जिले में होती है मस्तिष्क ज्वर और चमकी बीमारियां गर्मी शुरू होने और तापमान बढ़ने के साथ प्रारंभ होती हैं और बरसात के साथ ही लगभग समाप्त होने लगती हैं जबकि जापानी इंसेफलाइटिस नामक बीमारी बरसात के साथ शुरू होती है और जाड़े का मौसम आते आते खत्म हो जाती है इन बीमारियों से आम लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के बारह जिलों के दो सौ बाईस स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवा और उपकरण उपलब्ध करा दिया है इसके साथ ही उनतीस जिलों के चार सौ पैंतालीस डॉक्टरों को इन बीमारियों के इलाज से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से भी इन बीमारियों से बचने के लिए कई जरूरी कदम उठाने की अपील की है जिसमें बच्चों को धूप से बचाने उन्हें रात को खाली पेट न सोने देने तथा सोने के समय बच्चों को नींबू पानी और शक्कर अथवा ओआरएस का घोल पिलाने को कहा है विभाग ने कहा है कि बुखार होने की स्थिति में या लक्षण दिखने पर बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराये आगरा में सम्पन्न तीसरी राष्ट्रीय बॉसी प्रतियोगिता में बिहार की टीम चैंपियन बनी है यह जानकारी बिहार बॉसी एसोसिएशन के सचिव राकेश रंजन कुमार ने दी है गया में खेली जा रही नौवीं राज्यस्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप के बालक वर्ग के फाइनल में आज छपरा की टक्कर पटना से होगी कल खेले गये सेमीफाइनल मुकाबले में पटना ने मेजबान गया को छप्पन छियालीस और छपरा ने भागलपुर को बत्तीस बाईस से हरा दिया मणिपुर में खेली जा रही पैंसठवीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिश्रित युगल वर्ग में बिहार की टीम उप विजेता बनी है आकाश कुमार युक्ता रानी और मुकुल कुमार की मिश्रित जोड़ी को रजत पदक मिला पटना जिले के फत्हा में उत्पाद विभाग की टीम ने मौजीपूर गांव में छापेमारी कर एक वाहन से एक सौ दस कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के मझोली गांव में एक बारात में विषाक्त भोजन करने से लगभग डेढ़ सौ लोग बीमार पड़ गये जिन्हें पीएचसी और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है गया जिले में एसएसबी और कोंच थाने की पुलिस ने कुख्यात नक्सली शंकर यादव को गिरफ्तार किया है वहीं बांका जिले के आनंदपुर थाना के दहीबारा गांव से पुलिस ने एक नक्सली के सहयोगी श्रीकांत यादव को गिरफ्तार किया है पथ निर्माण विभाग ने पटना और कटिहार की सड़कों के रख रखाव के लिए लगभग तीन सौ पांच करोड़ रूपये की राशि जारी की है इस राशि से सड़कों को मानक स्तर पर बनाये रखने में मदद मिलेगी नेशलन कांउसिल फॉर टिचर्स एजुकेशन ने अनियमितता के आरोप में राज्य के दो बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है इनमें मुजफ्फरपुर जिले का डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय और समस्तीपुर का गर्वनमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है कांउसिल ने सोलह अन्य कॉलेजों को भी नोटिस जारी किया है पूर्व मध्य रेल के सोनपुर छपरा रेलखंड पर नया गांव सीतलपुर स्टेशन के बीच लो हाईट सबवे के निर्माण को लेकर कल छह घंटों तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने लंदन में चल रहे वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत की खबर को अपनी बड़ी सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण की सुर्खी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पचासा दैनिक भास्कर लिखता है शिखर से उतरा ऑस्ट्रेलिया हिन्दुस्तान ने जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है एलान जदयू दूसरे राज्यों में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा प्रभात खबर ने फोर्थ ग्रेड के एक सौ छियासठ पदों के लिए पांच लाख से अधिक आवेदन की खबर को प्रमुख शीर्षक बनाया है अखबार आज ने नियोजित शिक्षकों पर लिखा है बनेगी सेवा शर्त नियोजन इकाई से निकलेंगे बाहर और अब अंत में मुख्य समाचार महालेखाकार राज्य में व्रद्धावस्था पेंशन की करेगा ऑडिट

भीषण गर्मी से आम जन जीवन अस्त व्यस्त